कैबिनेट में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि सरकार अतिथि विद्वानों के लिए अलग से पद बनाकर भर्ती करेगी

सरकार ने इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है अनुगंज कला के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है साथ ही विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को भी निखारा जा सकता है इस उद्देश्य से आठ से नौ जनवरी तक भोपाल जिले की शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों का एक सांस्कृतिक और नाटय आयोजन किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के अनुगूंज नाम से होने वाले इस आयोजन में भरतनाट्यम ओड़िसी छाऊ पंचनाद एकाकार और स्वरनादी कार्यक्रम होंगे इसके अलावा पीलीपूछ और गजमोक्ष नाट्य प्रस्तुति भी होगी इन कलाओं में बच्चों को पारंगत बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्कृति कलाकारों की सेवाये ली गई हैं पत्रकारवार्ता में उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राजीव ंतोमर और जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने बताया कि इस सांस्कृतिक आयोजन में पांच सौ से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं मौसम सागर ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश जिले घने कोहरे की चपेट में हैं ग्वालियर चंबल संभाग में आज सुबह दृश्यता शून्य पर पहुंच गई

दृश्यता कम होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है हालांकि राजधानी भोपाल में आज धूप खिली हुई है बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियंस के आसपास बना हुआ है पिछले तीन चार दिनों से कोहरे और बादल के कारण ध्यप नहीं निकली है मंडला जिले में भी पड़ रही कड़ाके की ठण्ड की वजह से डाक्टरों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस शिवपूरी में दर्ज किया गया